स्वर्गीय वाजपेई के निधन से वे लोग तो दुखी हए ही जिन्होंने उन्हें देखा और सुना था वे भी दुखी हुए जो उन्हें नहीं देख सके थे खासकर नई पीढ़ी जिसका जन्म ही अटल जी के सार्वजनिक जीवन से सन्यास लेने के करीब या उसके बाद हुआ था मुख्यमंत्री आज अटल जी के प्रथम मासिक पृण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित अटल स्मृति काव्यांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने नई पीढ़ी से अपील की कि वह अटल जी के व्यक्तित्व व क्रतित्व से प्रेरणा लेकर खुद को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित था यही वजह थी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाम वह हर वर्ग को बिना किर्सी मेदभाव के देने न केवल पक्षधर थे बल्कि अपने नेतृत्व काल में उन्होंने ऐसा किया भी यही वजह है कि उनके जाने से केवल एक दल या वर्ग नही अपितु समूचा राष्ट्र शोक में डूब गया इस अवसर पर संवादाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के चार सौ तीन और देश के चार हजार तीन सौ स्थानों पर अटल जी की पहली मासिक पुण्यतिथि पर काव्याजलि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं काव्याजलि कार्यक्रम में कवियों ने अटल जी की कविताओं का सस्वर पाठ किया साथ ही उनसे जुड़ी अपनी रचनायें भी सुनायीं

श्री शर्मा कल शाम हाथरस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे एससी एसटी एक्ट में हाल ही में किये गये संशोधन को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों के विरोय प्रदर्शन के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि यह कानून सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है लेकिन इसकी आड़ में किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा जेल से रिहाई के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण द्वारा सरकार और भाजपा विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आलोचना करने का अधिकार सभी को है लेकिन यदि कोई प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने और जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी

इन समाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति पर नजर रखना तथा भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाना है लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में सभी निकायों में स्वच्छता अभियान के चिन्हांकन और श्रमदान का कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश में स्वच्छता मिश्रन के निदेशक अनुराग यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे की ओर से स्वच्छता संवाद कार्यक्रम के तहत आज और कल प्रमुख कार्यालयों में सेमिनार विभिन्न स्टेशनों पर पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही सभी स्टेशनों पर जन सूचना प्रणाली के माध्यम से पेपर लेस टिकट से यात्रा हेत जागरुकता अनियान चलाया जाएगा प्रदेश भर के जिलो की ग्राम सभाओं में आज खच्छता के सम्बच में ग्रामीणों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है इसमें लोगों से स्वच्छता कार्यक्रमों और इस सम्बंध में चलायी जा रही अन्य गतिविधियों से जुड़ कर अपनी अपनी सहमागिता सुनिश्चित करने का आहवान किया जा रहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

यह अन्तरिक्षयान ब्रिटेन के दो उपग्रह नोवा एसआर और एस वन चार को अन्तरिक्ष में ले जायेगा यह इस वर्ष का पहला व्यवसायिक मिशन है एंटरिक्स कार्परिशन व्यवसायिक स्तर पर दो सौ अस्ती से ज्यादा विदेशी उपग्रह अन्तरिक्ष में भेज चुका है पीएसएलवी इसरो का एक मात्र ऐसा विश्वसनीय यान है जो बारहवीं बार छोड़ जायेगा

इसके लिए चार सौ अवकाशप्राप्त सैनिकों की सेवाएं लेने के प्रयास किए जा रहे हैं ये फाटक लखनऊ कानपूर लखनऊ वाराणसी और लखनऊ प्रयाग मार्ग पर हैं

ग़ाज़ियाबाद के लोनी स्थित ट्रोनिका सिटी इलाके में आज सुबह अचार बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे तीन मजदूरों की टैंक में गिरने से मौत हो गयी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैमव कृष्ण ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि यह तीनों मज़दूर फैक्ट्री के बेसमेन्ट में बने टैंक को साफ़ कर रहे थे जिसमें गैस की वजह से इनका दम घुट गया उधर औरैया जिले के विध्ना बेला मार्ग पर कैथावा मोड़ के पास दो वाहनों की आमने सामने टक्कर होने से वैन चालक और एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी